राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी

जस्टिस बोबडे का जन्म नागपुर में हुआ था

इसका शुभारंग मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे मध्यप्रदेश स्टीम कान्फ्रेंस में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे वहीं मुख्य सचिव एसआर मोहंती विशेष अतिथि होंगे

अमेरिका से प्रारंभ हुई स्टीम शिक्षा पद्वति को विश्व के प्रमुख देशों रशिया फिनलैंण्ड ब्रिटेन एवं साउथ कोरिया द्वारा अपनाया गया है मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत मध्यप्रदेश स्टीम कान्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है स्टीम शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बच्चों को छोटी कक्षा से ही विज्ञान और तकनीक के साथ कला और गणित से जोड़ना है ताकि बच्चों की कल्पना शक्ति के साथ ही विषयगत दक्षताओं का भी विकास हो सके वे हाईटेक नॉलेज प्राप्त कर सकें और उनमें करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके स्थपना दिवस आगामी एक नवम्बर को प्रदेश का स्थापना दिवस ध्रमधाम से मनाया जायेगा मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परैड मैदान में होगा वहीं सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ शामिल होंगी वहीं गुना में इस अवसर पर सभी शासकीय इमारतों को विद्युत रोशनी से सजाने के निर्देश दिये गये हैं यहां आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन शामिल होंगे सीहोर में भी मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया जायेगा

आज के दिन बहनें व्रत पूजा कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती हैं इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं यह त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज भाईदूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है शिवपुरी में भी भाईदूज के साथ पांच दिवसीय दीपावली का पर्व आज समाप्त हो जायेगा छिंदवाड़ा विदिशा सागर गुना सीहोर धारखंडवा खरगोनराजगढ़ छतरपुर भिंड मुरैना शहडोल सतना नीमच दमोह और बैतूल से भी भाईदूज का पर्व मनाने के समाचार मिले हैं पर्वतारोही छिंदवाड़ा जिले के तामिया की रहने वाली पर्वतारोही भावना डेहरिया ने अफ्रीका महाद्दीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर दीपावली के दिन तिरंगा लहराया

पेश है एक रिपोर्ट कट वायस कास्ट भोपाल से फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई करने वाली भावना डेहरिया ने अकेले ही यह चढ़ाई प्ररी की इस दौरान तंजानिया के गाइड उनके साथ थे

बतौर भारतीय महिला इतना कम समय में यह चढ़ाई अपने आप मे एक रिकॉर्ड है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि विस्थापितों ने भाई दूज का त्यौहार आज पानी में ही मनाया मांधाता विधायक नारायण पटेल आज सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और विस्थापितों से उनकी समस्याएं सुनी

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर कल देर रात तक तेज बारिश हुई

मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बने चक्रवात की वजह से राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम में बदलाव आया है छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले में हुई कई स्थानों पर तेज बारिश हुई